बर्फबारी के कारण शिमला जिला के ऊपरी इलाकों का संपर्क राज्य मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है

इधर शिमला शहर में भी भारी हिमपात हआ है इसके अलावा पर्यटन स्थल क्फरी नारकंडा और खड़ापत्थर में करीब दो फूट से अधिक हिमपात का समाचार है इस हिमपात से यहां घूमने आए सैलानियों सहित स्थानीय लोगों की गाड़ियां भी जगह जगह फंसी हुई है बर्फबारी की वजह से कई स्थानों पर पेड़ों के गिरने का भी समाचार है हिमपात से बिजली व जलापूर्ति भी प्रभावित हुई है इस बीच आज मौसम के खुलते ही ज़िला प्रशासन द्वारा सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी कर दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि मैदानी क्षेत्रों में आज से जबकि पर्वतीय इलाकों में कल से मौसम साफ रहेगा मंत्रिमंडल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में होगी माना जा रहा है कि बैठक में विधानसभा के बजट सत्र के आयोजन को लेकर चर्चा की जाएगी इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं बैठक में कोरोना महामारी से निपटारे के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज दिल्ली में होगी

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिम के आगोश में समाया हिमाचल मुख्यमंत्री ने सभी आवश्यक सेवाएं बहाल करने के अधिकारियों को दिए निर्देश दैनिक जागरण का शीर्षक है देर से मगर खूब हुआ हिमपात शिमला मनाली कसौली सहित सोलन शहर में गिरी बर्फ

पंजाब केसरी का कहना है कुफरी सहित पर्वतीय इलाकों में ताजा हिमपात शीतलहर की चपेट में आया समूचा प्रदेश

अब सभी सरकारी स्कूलों में होगी प्री नर्सरी की पढ़ाई शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रपोजल तीन साल तक के बच्चों को क्वालीटी एजुकेशन देने की तैयारी

ऊना हमीरपुर रेल लाईन को मिले बजट में मात्र एक हजार रुपये शीर्षक से अमर उजाला ने खबर दी है केंद्रीय बजट के बाद उत्तर रेलवे ने वेबसाईट पर डाली जानकारी